उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनसे भविष्य में देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता शक्ति और योग्यता है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा व्यवस्थित योजनाबद्द समन्वित और भविष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक सुधार किये गये हैं

इनके समाधान के लिए राज्य सूचना आयोग ने वीडियो कॉल के माध्यम से इन मामलों की आभासी सुनवाई शुरू कर दी है इसके तहत आयोग के फैसले की एक प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित आवेदक और एक अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है

उल्लेखनीय है कि इन चुनावों के लिए भाजपा ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुमेर सिंह सोलंकी कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और फूलसिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है

जबकि पांच हजार से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं

प्रतिबंध शिथिल लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दिये जाने के बाद रेड जोन वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य शहरों में जनजीवन सामान्य होने लगा है भोपाल में कोरोना संकमण के चलते प्रतिबंधित किये गये कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी हिस्से में दुकानें खुल गयी हैं और कामकाज सामान्य होने लगा है शहर में आज काफी हलचल नजर आई इंदौर में भी लॉकडाउन में ढील दिये जाने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है

रायसेन जिला मुख्यालय से दस किलोमीटर दूर स्थित ग्राम नकतरा में रहने वाले दुकानदार शैलेन्द्र साहू ने भी आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाये हैं

इनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को होम कोरेनटाइन के लिए भेजा गया है